जिन लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फ़तेहपुर कौषाम्बी बाराबंकी फैज़ाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा षामिल हैं इन सभी सीटों पर दो करोड़ सैंतालीस लाख नौ हज़ार पांच सौ पन्द्रह मतदाता चुनावी समर में उतरे कुल एक सौ इक्यासी प्रत्याषियों के राजनैतिक भाग्य का फैसला करेंगे मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कुल सोलह हजार एक सौ छब्बीस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं चुनाव सम्पन्न कराने के लिये कर्मचारी अपने अपने निर्धारित ब्रथों के लिये रवाना हो गये हैं इस चरण में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई बड़े नेता अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं

महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति जुबिन इरानी कांग्रेस नेता और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद और समाजवादी पार्टी की नेता और शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी प्रनम सिन्हा शामिल हैं सपा बसपा और रालोद गठबंधन में अमेठी और रायबरेली सीटों पर अपने प्रतिनिधि नहीं खड़े किए हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव पांचवें चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने छठें और सातवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिये प्रचार कार्य तेज कर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भदोही में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि मसूद अजहर को अन्तर्राश्ट्रीय आतंकवादी घोशित किया जाना इस बात का सबूत है कि विष्व स्तर पर भारत की ताकत बढ़ी है आज द्निया भर में भारत की गूंज सुनाई दे रही है उन्होंने कहा कि सपा और बसपा ने हमेषा लोगों को जाति और पंथ के नाम पर बांटा है और सिर्फ अपने परिवार का विकास किया केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसने देष के हर नागरिक के दर्द को समझा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेष यादव ने आज सुल्तानपुर जिले की चांदपुर सैदो पट्टी में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को साकार करने के लिये ही सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है उन्होंने कहा कि अब तक हुये चारो चरण के चुनाव में लगभग हर सीट गठबंधन के प्रत्याषी जीत रहे हैं प्रदेष के निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि हमीरपुर संसदीय सीट के बूथ नम्बर एक सौ सत्ताईस पर प्रनर्मतदान कराया जायेगा यह बूथ महोबा जिले के पनवाड़ी विकासखंड के नौगांव फदना में आता है गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उन्तीस अप्रैल को हमीरपुर के इस बूथ पर पोलिंग पार्टी की लापरवाही के चलते ईवीएम मषीन लापता हो गई थी लगभग पन्द्रह घंटे बाद प्रषासन ने ईवीएम को एक बोरी से बरामद किया इसके बाद निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी महोबा को पांचवें चरण में छह मई को इस बूथ पर पुनर्मतदान कराने का निर्देष दिया है इसको लेकर प्रषासन तैयारियों में जुट गया है सर्वोच्च न्यायालय आम चुनाव में वीवीपैट पर्चियों का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से औचक मिलान कराने की संख्या और बढ़ाने की इक्कीस विपक्षी दलों की प्नर्विचार याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा षीर्श अदालत ने आठ अप्रैल को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से औचक मिलान प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक के बजाय पांच मतदान केंद्रों पर कराया जाए लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनचंद्रबाबू नायडू ने न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा था कि मतदान केंद्रों की यह संख्या काफी नहीं है दिल्ली की एक अदालत ने आँगस्ता वैस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के संबंध के आरोपों में खाडी के निवेशक के नाम गैर जमानती वारंट जारी किया है विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने खाड़ी के व्यापारी उमर अली बलशरफ पर कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दे दी है निदेशालय के विशेष अभियोजक डीपी सिंह और अधिवक्ता नवीन कमार मट्टा ने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च दो हजार अट्ठारह से बालशरफ को कई बार समन भेजे लेकिन उसने जांच में कोई सहयोग नहीं दिया उच्चतम न्यायालय ने इन खबरों का खंडन किया है कि न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और डी वाई चंद्रचूड ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही आंतरिक समिति के प्रमुख न्यायमूर्ति एस ए बोबडे से शुक्रवार को मुलाकात की उच्चतम न्यायालय के महासचिव कार्यालय से जारी बयान में इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया गया है